प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान की अपील की है श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में देशभर के मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे अपने परिवार और मित्रों से भी रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने को कहें

श्री मोदी ने खेलकूद मीडिया और बॉलीवुड से भी मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने की अपील की उन्होंने मतदाता जागरूकता के नवाचार अभियानों में लगे लोगों से हैशटेग वोट का उपयोग कर अपने अनुभवों का ब्यौरा साझा करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि हर एक को अधिक से अधिक संख्या में मतदान सुनिश्चित कराने का प्रयास करना होगा लोकसभा च्रनाव के पहले चरण के लिए पर्चे भरने का आज अंतिम दिन है

प्रदेश में पहले चरण में जिन आठ सीटों के लिए मतदान होगा उनमें सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर शामिल हैं नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी

नामांकन के अंतिम दिन आज बडो संख्या में उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किये मथुरा संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सिने तारिका हेमा मालिनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थित में अपना पर्चा दाखिल किया इस अवसर पर एक चुनावी सभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जो काम अन्य दलों के द्वारा नहीं किये जा सके वे सभी कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करके दिखाये हैं और नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम नरेन्द्र मोदी है उन्होंने कहा कि भाजपा से प्रभावित होकर काग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं

मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष तथा सपा बसपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार अजीत सिंह ने अपना नामांकन कराया यहां कुल बाइस लोगों ने नामांकन दाखिल किये हैं कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है बागपत सीट से केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से और राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष तथा सपा बसपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी जयंत चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया कांग्रेस पार्टी ने इस सीट से अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है इस अवसर पर डॉक्टर सतपाल सिंह ने कहा कि भाजपा का मुद्दा देश को सुरक्षा देकर मजबूत करना है वहीं जयंत चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह युवाओं और किसानों के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे बिजनौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कुंवर भरतेन्द्र सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया वहीं बिजनौर से कांग्रेस प्रत्याशी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपना नामांकन भरा कांग्रेस प्रत्याशी ने गरीब किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने की बात कही वहीं भाजपा प्रत्याशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश का सर्वमान्य और सर्वोच्च नेता बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण आज गरीब मजदूर और किसानों को उनकी मेहनत का फल मिल रहा है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट डिस्पैच मशहूर फिल्म अभिनेत्री और भाजपा नेता हेमा मालिनी ने आज मथुरा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया आज ही अन्य भाजपा प्रत्याशियों ने भी अपने पर्चे दाखिल किये जिनमें गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह बिजनौर से कुंवर भारतेन्दु बागपत से सत्यपाल सिंह मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और आगरा से एसपी सिंह बघेल शामिल हैं राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी ने भी मुजफ्फरनगर और बागपत सीटों से नामांकन दाखिल किया कांग्रेस प्रत्याशियों बिजनौर से नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नगीना से ओयवती ने भी अपने अपने पर्वे दाखिल किए सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मेरठ में ग्यारह अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज तेरह प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया यहां नामांकन करने वालों की कुल संख्या पन्द्रह हो गयी है लोकसभा चुनाव के लिये दूसरे चरण के अंतर्गत प्रदेश के आठ निर्वाचन क्षेत्रों नगीना अमरोहा बुलंदशहर अलीगढ़ हाथरस मथुरा आगरा और फतेहपुर सीकरी में वोट डाले जायेंगे कल इन क्षेत्रों में नामांकन का अंतिम दिन ह अमरोहा में आज भाजपा प्रत्याशी कवर सिंह तवर और गठबंधन प्रत्याशी बसपा के कुंवर दानिश अली सहित तीन उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किये श्री तवर वर्तमान में अमरोहा से सांसद हैं नगीना से कांग्रेस की ओमवतो ने भी अपना नामांकन कराया द्वितीय चरण के लिए पचों की जांच सत्ताइस मार्च का होगी और उन्तीस मार्च नाम वापसी की आखिरी तारीख है इस चरण में अट्ठारह अप्रैल को वोट डाले जायेंगे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

उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्रों अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच रिपोर्ट पेश करने से संबंधित याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में जांच की वतमान स्थिति से पीठ को दो सप्ताह के भीतर अवगत कराएं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि डिजिटल भुगतान को और लाकप्रिय बनाने तथा फिनटेक के माध्यम से वित्तीय समावेश बढ़ाने के उद्देश्य से पाच सदस्यों की समिति नियुक्त की गई है

ये निवेश के लिए भी बढिया माहौल तैयार कर रहे हैं भारतीय वायुसेना में आज चार हैवीलिफ्ट चिनूक हैलीकॉप्टर विधिवत् शामिल किये गये एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने आज चण्डीगढ़ के वायुसेना बेस में आयोजित समारोह में यह घोषणा की

इस अवसर पर श्रो धनोआ ने कहा कि ये हैलीकॉप्टर सीधे ऊपर उठ सकते हैं और पहाड़ी इलाकों में भारी वजन उठा सकते हैं उन्होंने कहा कि देश की विविध सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सीधे ऊपर उठने की क्षमता जरूरी है ये बड़ी संख्या में लोगों को ले जा सकता है साथ ही बहुत ही ऊंचाई में उड़ान भर सकता है

फाइटर जैट में रफाल की तरह ही ये भी बड़ा परिवर्तन लाएगा प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत प्रचार सामग्रियों को हटाने के लिए चलाये जा रहे अभियान में अब तक कुल पच्चीस लाख इकसठ हजार चार सौ ग्यारह वॉल राइटिंग पोस्टर्स बनर्स सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्रियों को सार्वजनिक और निजी स्थानों से हटा दिया गया है हटाई गई सामग्री में सार्वजनिक स्थानों के एक लाख अट्ठाइस हजार एक सौ साठ वॉल राइटिंग नौ लाख बावन हजार तीन सौ पचहत्तर पोस्टर्स चार लाख अड़तालीस हजार तीन सौ पचास बैनर्स शामिल है राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकेटेश्वर लू ने बताया है कि आयकर नार्कोटिक्स पुलिस तथा आबकारी विभागों द्वारा एक सौ चार करोड रूपये नकदी जब्त की गयी है उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई करते हुए पांच लाख सत्तासी हजार सात सौ ग्यारह लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये हैं तथा तीन सौ बत्तीस लोंगो के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं इसके अलावा निराधात्मक कार्रवाई क तहत बारह लाख चौहत्तर हजार सात सौ उन्यासी लोगों को पाबंद किया गया है उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक चार हजार किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री चार हजार पांच सौ से अधिक कारतूस और लगभग दो हजार आठ सौ बम बरामद किये गये हैं